समझा जाता है कि बैठक में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने सहित कई अहम निर्णय लिये जा सकते हैं इसके अलावा आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है एफएम चैनल आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण आज से निजी एफएम चैनल भी करेंगे केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज नई दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ करेंगे उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि रेडियो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जन संचार माध्यम है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की फिर से लोकप्रियता बढ़ी है

उन्होंने कहा कि हिमाचल में कसौली डगशाई सुबाथू जतोग डलहौजी बकलोह और योल सात छावनी क्षेत्र हैं वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि कैंट क्षेत्र में भी राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाएं लागू होनी चाहिये स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कल कुल्लू जिले के भूंतर हवाई अड्डा परिसर में जिले की हेल्थ वेबसाइट का शुभारम्भ किया स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई इस वेबसाइट में लोगों के लिये कई महत्वपूर्ण जानकारियां और लिंक उपलब्ध करवाए गए हैं इस अवसर पर उपायुक्त युनूस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील चंद्र सहित स्वास्थ्य विभाग के अनय अधिकारी भी मौजूद रहे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि जनजातीय जिला लाहुल स्पिति सहित कुल्लू व चम्बा जिलों की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से हल्का हिमपात हो रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में बर्फबारी से बिजली व पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है स्टोन क्रशरों को तीन महीने की राहत हिमाचल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी के आदेशों पर रोक

जबकि दैनिक जागरण के शब्द है स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश पर रोक

पंजाब केसरी के अनुसार ऊंचे क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की चेतावनी माईनस में पहुंचा शिमला मनाली व डलहौजी का तापमान अमर उजाला के शब्द हैं बर्फ में फिसलने से दो की मौत बढ़ी दुश्वारियां हिमाचल दस्तक लिखता है हड्डियां जमाने वाली शीतलहर लोहड़ी से पहले फिर हो सकती है बारिश व बर्फबारी

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है दूरदराज क्षेत्र सड़क सुविधा से जुड़ेंगे

मिडल स्कूलों में पीईटी डीएम भर्ती पर रोक शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है सौ से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को झटका नहीं भरे जाएंगे एक हजार रिक्त पद अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय में लिखता है कि कांगड़ा सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ साथ कुछ वित्तीय विशेषज्ञों की सेवाओं से पद्धति के सुराख बंद करने तथा सूचना तकनीक का इस्तेमाल कर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने की जरूरत है